सीवान बेगूसराय और नवादा जिले के दस इलाकों को संक्रमण के फैलाव के मद्देनजर पूरी तरह सील किया गया

बिहार में सीवान बेगूसराय और नवादा जिलों के दस इलाकों को कोविड उन्नीस संक्रमण के मद्देनजर हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किया गया है राज्य के विभिन्न भागों से अब तक कोविड उन्नीस संक्रमण के साठ मामलों की प्रष्टि हुई है इनमें से सबसे अधिक उनतीस सीवान से है सीवान जिले में तेईस लोग एक ही परिवार के है जो ओमान से लौटे अपने एक परिजन के संपर्क में आये थे जिन क्षेत्रों को सील कर दिया गया वहां लोगों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गयी है पूरे इलाके को सेनेटाईज किया जा रहा है लोगों को आवश्यक सामान प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराये जा रहे हैं लॉकडाउन को कडाई से लागू करने के लिए बडी संख्या में बिहार सैन्य पुलिस के जवानों के साथ साथ एनडीआरएफ को भी तैनात किया गया है सीवान के हॉटस्पॉट घोषित क्षेत्र के एक सौ बावन संदिग्ध लोगों के रक्त के नमूने जांच के लिए लिये गये हैं इन लोगों को क्वारेंटाईन में रखा गया है संक्रमण की संख्या बढ़ने के बाद राज्य की कई जिलों की सीमाएं सील कर दी गयी है पटना जिला प्रशासन ने उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाले राजेन्द्र सेतु को सील कर दिया है और जिले में गंगा नदी में नाव के परिचालन पर रोक लगा दी है वहीं मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने सारण और मुजफ्फरपुर की सीमा पर स्थित गंडक रेवा पुल को सील कर दिया है नवादा में भी संक्रमण के मामले सामने आने के बाद जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है जिस क्षेत्र से संक्रमण का मामला सामने आया है उसे हॉटस्पॉट घोषित कर सुरक्षा बल और एनडीआरएफ को तैनात किया गया है नवादा के जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने बताया कि पूरे इलाके में सभी द्रकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया गया है इधर बेगूसराय में भी घोषित हॉटस्पॉट क्षेत्र में बीएमपी की आठ कम्पनियां तैनात की गयी है अरवल जिले की सीमाओं को भी सील कर दिया गया है इधर राज्यभर में कोविड उन्नीस के अठारह मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गये हैं अधिकारियों ने बताया कि पटना में जो पांच मरीज संक्रमित पाये गये थे उनकी भी दोबारा जांच में परिणाम निगेटिव आया है सूत्रों के अनुसार इन लोगों को कभी भी अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है संक्रमित मरीजों में सबसे अधिक ग्यारह पॉजिटिव मरीज नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जबकि अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया में दो और भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक मरीज का इलाज चल रहा है नेपाल के रास्ते भारत में कोरोना महामारी फैलाने के लिए संक्रमित लोगों को भेजे जाने की ख्रफिया जानकारी के बाद पश्चिम चम्पारण जिले सहित नेपाल से सटे अन्य जिलों में सतर्कता बढ़ा दी गयी है पश्चिम चम्पारण के जिलाधिकारी ने बताया कि जिला पुलिस के अलावा एसएसबी को भी अलर्ट पर रखा गया है उन्होंने बताया कि खुफिया जानकारी मिली है कि जाली नोट का कुख्यात पाकिस्तानी तस्कर जालिम मुखिया और उसके गुर्गें बिहार में प्रवेश के फिराक में है केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे सोशल मीडिया पर पैनी नजर बनाये रखें ताकि कोई आपत्तिजनक और फर्जी खबर न फैलाई जा सके इधर कोरोना महामारी से निपटने के लिए गठित मंत्री समूह ने भी लोगों से फर्जी खबरों पर विश्वास न करने की अपील की है ताकि अनावश्यक घबराहट से बचा जा सके गौरतलब है कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक भ्रामक बातों के प्रसार की कोशिश की जा रही है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पीआईबी को सोशल मीडिया पर आ रही फर्जी खबरों के सत्यापन के लिए नोडल एजेंसी बनाया है लोग किसी भी फर्जी खबर का सत्यापन ई मेल भेजकर कर सकते हैं ई मेल पता इस प्रकार है पीआईबीफैक्टचेकएट जीमेल डॉट कॉम वहीं व्हाट्सएप नम्बर आठ सात नौ नौ सात एक एक दो पांच नौ पर भी सत्यापन किया जा सकता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है श्री कुमार ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड उन्नीस से जुड़े सामाजिक भेदभाव रोकने के लिए परामर्श जारी किया है परामर्श में कहा गया है कि इस महामारी के प्रकोप के दौरान जन स्वास्थ्य की आपात स्थिति को देखते हुए लोगों में भय और चिंता बढ़ जाती है जिसकी वजह से सामाजिक डर का माहौल बन जाता है ऐसी गतिविधियों से वैमनस्य अराजकता और अनावश्यक सामाजिक बाधाएं पैदा होती हैं कोरोना वायरस के बारे में आशंकाओं और झूठी खबरो के कारण कुछ समुदायों और क्षेत्रों में डॉक्टरों और नर्सों जैसे अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है जिसे देखते हुए मंत्रालय ने यह परामर्श जारी किया है बाइट स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस तरह के पूर्वाग्रहों का मुकाबला करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए सलाह दी है कि आपस में दूरी बनाए रखकर और व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन कर इस बीमारी को जड़ से समाप्त किया जा सकता है लोगों को यह सलाह दी गई है कि वह कोरोना वायरस से जुड़े सामाजिक लांछन को समाप्त करने के लिए कुछ कदमों का पालन करें

स्वास्थ्य पेशेवरों सफाईकर्मचारियों और पुलिस को निशाना न बनाएं प्रमावित व्यक्ति और उसके इलाके के नाम या पहचान को सोशल मीडिया पर साझा करने से बचें कोरोना वायरस के प्रसार के लिए किसी समुदाय या क्षेत्र को दोषी न ठहराएं साथ ही डर और दहशत फैलाने से बचें दीवाकर के साथ भूपेंद्र सिंह आकाशवाणी समाचार दिल्ली केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वेंटिलेटर मुहैया कराने महामारी की रोकथाम की योजना बनाने और अस्पतालों की अन्य तैयारियों में राज्यों की मदद के लिए उच्च स्तरीय दल गठित किए हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया बाइट हैत्थ मिनिस्ट्री ने स्टेट और सैन्टर को सपोर्ट करने के लिये हाई लैवल मल्टी डिसिप्लीनरी टीम भी कुछ नॉमिनेट की हैं

ऐसी दस टीम बनाकर नौ राज्यों में भेजा गया है जिसमें बिहार राजस्थान गुजरात कर्नाटका मध्यप्रदेश महाराष्ट्रा तमिलनाडु तेलंगाना और यूपी स्टेट हैं इंडियन ऑयल कार्पोरेशन ने कहा है कि वह कोविड उन्नीस के कारण संभावित बाधाओं को ध्यान में रखते हुए देश में रसोई गैस की अतिरिक्त मांग से निपटने के लिए प्ररी तरह तैयार है आईओसी ने अपने बोटलिंग संयंत्रों में रसोई गैस की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल और मई माह में अतिरिक्त आयात के लिए भी तैयारी की है संयंत्रों से वितरकों तक रसोई गैस पहुंचाने के लिए परिवहन व्यवस्था भी मजबूत की जा रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोविड उन्नीस के खिलाफ साझा लड़ाई में भारत नेपाल के साथ है श्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली से बात कर मौजूदा स्थिति के बारे में चर्चा की श्री मोदी ने इस चूनौती से निपटने में नेपाल के लोगों के संकल्प की सराहना की प्रधानमंत्री मोदी ने इस महामारी के बारे में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से भी बात की अप्रैल के महीने में पड़ने वाले त्योहारों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से कहा है कि वे लॉकडाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें मंत्रालय ने किसी भी तरह की सामाजिक या धार्मिक सभा और रैलियों की अनुमति नहीं देने को कहा है वहीं राज्यों से कानून व्यवस्था शांति और लोक सद्भाव बनाये रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाने को कहा गया है गृह मंत्रालय ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे लॉकडाउन के अनुपालन की ओर लोगों के ध्यानाकर्षण के लिए प्रशासन सामाजिक और धार्मिक संगठनों तथा प्रबुद्ध नागरिकों का सहयोग लें राज्यों से कहा गया है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालो पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि राज्यों ने लॉकडाउन उपाय कारगर ढंग से लागू किए हैं उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें लॉकडाउन के कारण फंसे लोगों की मदद के लिए समुचित उपाय कर रही है

साथ ही साथ जो व्यक्ति लॉकडाउन के वजह से स्ट्रैन्डेड है उनकी सहायता के लिये राज्य सरकारें कई कदम उठा रही हैं वे हैल्पलाइन्स ऐप्स रिलीफ कैम्प्स शैल्टर्स फूड कैम्प्स इत्यादि द्वारा उनको सहायता दे रही हैं

नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के बीच भारत सहित अनेक देशों में सरकारों ने अपने नागरिकों से मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दी है केन्द्र सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे कोविड उन्नीस के खिलाफ देश की लडाई में आत्मरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को कपडे से ढक कर रखें हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश दिल्ली और मुंबई सहित अनेक राज्यों और शहरों में घर से बाहर रहने के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है बाइट सरकार ने मास्क को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में वर्गीकृत किया है लेकिन अगर आप स्वास्थ्य सेवाकर्मी नहीं हैं या सीधे सीधे कोरोना वायरस के रोगियों की सेवा में लिप्त नहीं हैं तो आप अपने लिए एक मास्क बना सकते हैं

इसके लिए आप किसी भी पुराने कपड़े रुमाल या अन्य कपड़े का भी उपयोग कर सकते हैं इसे इस तरह से काटा जाना चाहिए कि यह नाक और मुंह को अच्छी तरह से ढक सके बेहतर सुरक्षा के लिए आप कपड़े की दो परतों का भी उपयोग कर सकते हैं स्टीम्स को कपड़े के छोर से जोड़ा जा सकता है ताकि आप इसे पहन सकें यह सुनिश्चित अवश्य करें कि यह आप ऐसे कम से कम दो स्वनिर्मित मास्क बनाये ताकि आप एक दिन के उपयोग के बाद दूसरे को धो सके जबकि एक तरफ सरकारी इकाईयों ने इसके उत्पादन में कोई कसर नहीं छोड़ी है वहीं दूसरी ओर कई लोग अपने हाथों से बने मास्क ही पहनना पंसद कर रहे हैं आनंद चतुर्वेदी आकाशवाणी समाचार दिल्ली चिकित्सक सामाजिक दूरी बनाये रखने को कोविड महामारी पर अंकुश लगाने में सबसे अधिक प्रभावी बता रहे हैं नई दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने इस संक्रमण से बचने के लिए सामाजिक दूरी को आवश्यक बताया है

टीसू पेपर रखें रूमाल रखें कोहिनी रखें बचाव करें जब वह खांसता छिंकता है तो वह एक से दो मीटर तक वो जा सकती है तो अगर आप पहले ही एक दो मीटर का फासला बनाके रखेंगे तो उसका आपके ऊपर होने का अंदेशा बहुत कम हो जाता है

वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ बलबीर सिंह ने आकाशवाणी से खास बातचीत में बताया कि बाजार से खरीदी गई वस्तुओं का इस्तेमाल करने से पहले विशेष सावधानी बरतनी चाहिए बाइट जब आप सामान लाते हैं तो उसमें हो सकता है कि उसके ऊपर वायरस हो और अगर जो वह सर्व कर रहा है ड्रॉ फ्री स्टोर में अगर उसको वायरस है खांसा इधर उधर तो हो सकता है तो उसका बेस्ट तरीका है कि उसको काटपोर्ट है तो काटपोर्ट को फेंक दीजिए बाहर उसमें से सामान घर पर रख लीजिए जहां पर ऐसी चीजें जो फेंक नहीं सकते तो उसको बाहर से अच्छी तरह सेंनेटाइज करके अंदर रखें कोविड महामारी से निपटने में लगे भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के अधिकारियों और कर्मियों को प्रति व्यक्ति पैंतीस लाख रूपये का जीवन बीमा कवर दिया जायेगा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि चौबीस मार्च से लॉकडाउन में सेवा दे रहे ऐसे एक लाख कर्मियों को लाभ मिलेगा केंद्र सरकार ने डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा के प्रीमियम भुगतान की अवधि इस वर्ष तीस जून तक बढ़ा दी है संचार मंत्रालय ने कहा है कि देश में लॉकडाउन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है मंत्रालय ने मार्च अप्रैल और मई दो हजार बीस के प्रीमियम के भुगतान की अवधि बढ़ा दी है और इसके लिए कोई जुर्माना नहीं देना होगा कोरोना महामारी से निपटने के लिए बड़ी संख्या में सामाजिक संगठन और लोग आगे आ रहे हैं रोहतास जिला प्रशासन ने लगभग अठहत्तर लाख रूपये मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया है बांका जिले में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने अपने एक दिन का मानदेय मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का फैसला किया है अररिया जिले के रानीगंज में एक क्वारेंटाइन सेन्टर से फरार कोविड उन्नीस के सोलह संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है विश्वभर में इसाई समुदाय आज गुड फ्राइडे मना रहे हैं इस दिन ईसा मसीह सूली पर चढ़े थे और कैलवरी में उनका निधन हो गया था यह ईस्टर रविवार से पहले शुक्रवार को मनाया जाता है पटना और राज्य के अन्य गिरजाघरों में लॉकडाउन के मद्देनजर श्रद्वालुओं की भीड़ नहीं देखी जा रही है राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से गुड फ्राईडे के अवसर पर प्रभु ईसा मसीह के बताये रास्ते पर चलने की अपील की है

सीवान बेगूसराय और नवादा जिले के दस इलाकों को संक्रमण के फैलाव के मद्देनजर पूरी तरह सील किया गया